अगले दो दिनों में आंधी पानी के आसार प्रदेश के सभी टोलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हुआ पूरा

इससे प्रदेश के सभी हिस्सों के किसान होंगे लाभांवित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया है घोषित परिणाम के अनुसार पटना के अतुल्य वर्मा बिहार झारखंड में टॉपर हैं जबकि उनका ऑल इंडिया रैंक सत्रहवां हैं उन्होंने तीन सौ साठ में से तीन सौ अड़तीस अंक अर्जित किये हैं सिवान के सुमित दो सौ बयासी अंको के साथ सेकेंड स्टेट टॉपर बने हैं पटना के शुभम ने गणित में एक सौ बीस में एक सौ बीस अंक अर्जित किये हैं राज्य भर में मौसम में आये बदलाव से तापमान औसत से पांच डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है इधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में प्री मॉनसून डिर्स्टवेंस के कारण अगले दो दिनों तक आंधी पानी के आसार बन रहेंगे मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे और अधिकांश जगहों पर ब्रंदाबांदी हो सकती है जबकि भागलपुर और पूर्णिया में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है उधर बीते दो दिनों में आंधी पानी ओलावृष्टि और वज्रपात की घटना में मरने वालों की संख्या पन्द्रह हो गयी है फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है सरकार ने कृषि विभाग से फसलों को नुकसान की रिपोर्ट मांगी है ताकि प्रभावित किसानों को अनुदान दिया जा सके बिहार के सभी गांवों और टोलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है प्रदेश के सभी एक लाख छह हजार दो सौ उनचास टोलों तक बिजली पहुंचा दी गयी है बिजली कंपनी के सूत्रों ने बताया कि इस वर्ष के अंत तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इसे हासिल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लखीसराय को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जायेगा उन्होंने लखीसराय के जयनगर लाली पहाड़ी के पुरातात्विक उत्खन्न में मिले बौद्ध अवशेषों को देखने के बाद इस स्थल को संरक्षित करने का आदेश भी दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सर्वागीण विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना जरूरी है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बालश्रम से मुक्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग राजधानी पटना को बाल श्रम मुक्त कराने के लिए अभियान चलायेगा श्री मोदी ने कहा कि बालश्रम गरीबी से जुड़ी समस्या है इसलिए गरीब परिवारों का आर्थिक विकास भी जरूरी है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का ग्राम स्वराज्य अभियान वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में सफलता के नये सोपान की रचना करेगा उन्होंने पटना में कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार कई योजनाओं की श्रूआत कर रही है

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि गरीबों के विकास से ही देश की उन्नति संभव है पटना जिले के दानापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गरीबों के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है श्री यादव ने कहा कि इन योजनाओं की सफलता के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महात्मा बुद्ध की विचारधारा मानवता की और मानव को मानव से जोड़ने वाली विचारधारा है बोधगया में बुद्ध जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि महात्मा ब्रद्ध की विचारधारा मानव के अंदर छिपे अहंकार को समाप्त करने वाली और विश्व को शांति प्रदान करने वाली विचारधारा है श्री अठावले ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को विज्ञान पर आधारित विचारधारा प्रदान की उन्होंने कहा कि मानव के साथ मानव के जैसा व्यवहार हो यही बुद्ध की विचारधारा है वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में राज्य के करीब तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जायेगा इसके तहत अठारह प्रमुख सिंचाई योजनाओं को शामिल किया गया है जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया है कि अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की योजनाओं पर काम चल रहा है और इस वित्तीय वर्ष में उनके पूरा होने की संभावना है इन योजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के सभी हिस्सों के किसान लाभांवित होंगे वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने की रणनीति पर विमर्श के लिए कल राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा इसमें केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जायेगी कृषि निदेशक हिमांशु कुमार राय ने बताया कि किसानों से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार की रणनीति भी बनायी जायेगी उन्होंन कहा कि प्रखंड स्तर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जायेगा आज श्रम दिवस है इस मौके पर राजधानी पटना समेत राज्य भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को मई दिवस की बधाई देते हुये कहा कि विकास औद्योगिक विकास एवं उत्पादकता को बढ़ाने में श्रमिकों की बड़ी भूमिका रही है और आगे भी रहेगी उन्होंने कहा कि श्रमिक भाई बहनों की मेहनत और ताकत का ही परिणाम है कि हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास का सपना साकार हो रहा है इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी राज्यवासियों को बधाई दी है आज शब ए बारात का त्योहार पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज की रात इबादत और अपने गुनाहों की माफी के लिए लोग अल्लाह से दुआ करते हैं इस मौके पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों की साफ सफाई कर इन्हें रौशनी से सजाया गया है राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को शब ए बारात की शुभकामनाएं दी है भारत कबड्डी लीग बिहार जोन के मुकाबले आज से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में शुरू हो रहे हैं बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव विजय कुमार ने बताया कि अठारह अप्रैल से आठ जोनों में खेले गये मुकाबले की चैम्पियन टीमें इसमें भाग लेगी दरभंगा में आयोजित प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता के क्वाईलिफाइंग राउंड में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया प्रतियोगिता का नॉक आउट राउंड दो मई से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में होगा पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अगले सत्र के लिए चुने गये पच्चीस खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप चल रहा है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सीबीएसई द्वारा जेईई मेंस परीक्षा में पटना के अतुल्य वर्मा के स्टेट टॉपर बनने की खबर को प्रमुखता से छापा है इसके साथ ही अखबारों ने कई पन्नों पर परीक्षा में सफल छात्रों से बातचीत भी सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इसका शीर्षक लगाया है पटना के अतुल्य जेईई में बिहार टॉपर दैनिक जागरण का शीर्षक है पटना का अत्रल्य बना बिहार टॉपर हिन्द्रस्तान ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है लालू रिम्स भेजे गये समर्थकों का हंगामा इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है पूर्वी भारत में पहली बार लाल पहाड़ी के बौद्ध मठों की खुदाई में मिली सुरक्षा मीनार प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी का शीर्षक लगाया है बिहार के सभी टोलों में भी पहुंची बिजली इसके अलावा अखबारों ने पद्मश्री गजेन्द्र नारायण सिंह का निधन गैंगरेप की कोशिश करने वाले चार हुए गिरफ्तार ट्वीटर ने भी एनालिटिका को बेचा यूजर का डेटा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है और अब अंत में मुख्य समाचार पटना के अतुल्य वर्मा जेईई मेंस में बने बिहार टॉपर

अगले दो दिनों में आंधी पानी के आसार प्रदेश के सभी टोलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हुआ पूरा

इससे प्रदेश के सभी हिस्सों के किसान होंगे लाभांवित